राज्यपाल आज ऊना जिला के अंबोटा में एक निजी स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे उन्होंने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास को जरूरी बताते हुए कहा कि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है राज्यपाल इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि जल संरक्षण प्लास्टिक का उपयोग न करना तथा वन संरक्षण बेहद जरूरी है उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बताया और कहा कि स्वच्छता तथा नो दू प्लास्टिक अभियान में बढ़चढ़ कर शामिल होना चाहिए इससे पूर्व राज्यपाल ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी में पूजा अर्चना भी की और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की जनजागरण प्रदेश भाजपा नागरिक संशोधन अधिनियम पर पांच जनवरी से राज्य व्यापी जनजागरण अभियान आरंभ करेगी इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दुदू से करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुजरात से इस अभियान की शुरूआत करेंगे पार्टी सचिव पायल वैद्य ने आज शिमला में कहा कि जनजागरण अभियान के दौरान भाजपा प्रदेश के पांच लाख परिवारों से संपर्क करेगी उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती अपने अपने गृह क्षेत्रों में इस अभियान की शुरूआत करेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल और अराजक तत्व नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं जिसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से वर्षो से भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भारत में रह रहे अल्प संख्यकों को बहुत बड़ा सहारा मिला है गोविंद ठाक्र आज मनाली में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आयोजित जागरूकता रैली को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने इस मुददे पर कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया वन मंत्री ने कहा कि इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है विंटर कार्निवाल मनाली विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन आज मालरोड़ पर कुल्लवी नाटी का आयोजन किया गया

इस नाटी का शुभारंभ वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया उन्होंने कहा कि रविवार को विंटर कार्निवाल के चौथे दिन महानाटी का आयोजन किया जाएगा जिसमें मनाली के राईट बैंक क्षेत्र के महिला मंडल की सदस्य हिस्सा लेंगी विंटर कार्निवाल में आज मनु रंगशाला और मालरोड़ पर कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनका स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया मैराथन हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस पर छः जनवरी को मिनी मेराथन दौड़ का आयोजन करेगा खेल नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता सरजीव मैहरा ने आज शिमला में कहा कि ये दौड़ सुबह सचिवालय परिसर से आरंभ होगी और मालरोड़ से होते हुए सचिवालय परिसर में ही खत्म होगी मैराथन का शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आरएन बत्ता करेंगे जबकि विजेताओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पुरस्कृत करेंगे

इस मौके पर विक्टोरिया ब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि ब्रिज की सेवाओं के लिए आभार जताने का यह कार्यक्रम मानवीय संवेदनाओं का अनुपम उदाहरण है उन्होंने कहा कि इस पुल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास होगा

किन्नौर और लाहौल स्पिति में बर्फबारी के चलते ये अभियान बाद में चलाया जाएगा